राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान प्रदेश सरकार के कार्यों और योजनाओं का विधानसभा में ब्यौरा दिया राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रही है श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रदेश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है

नर्मदा के जल को द्रस्थ अंचल तक ले जाने के लिए नवाचार किए गए राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को सुधारने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं

इससे सैकड़ों बस्तियों को संपर्क सुविधा मिली है किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा रही है

साथ ही भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किसानों के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने कृतज्ञता ज्ञापन पेश किया और विधायक कैलाश जाटव ने उसका समर्थन किया विधानसभा अध्यक्ष सीतारमन शर्मा ने प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी राज्यपाल के भाषण के खत्म होते ही कांग्रेस सदस्यों ने हाथ मे पोस्टर लेकर नारेबाजी की कांग्रेस के सदस्यों ने किसानों का कर्ज माफ करो के नारे लागते हुए पोस्टर लहराए जीतू पटवारी कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर के बीजलपुर से शुरू हई किसान अधिकार साइकिल यात्रा आज प्रदेश विधानसभा पहंची विधानसभा के गेट के पास यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पीरगेट पर यात्रा की आगवानी की कर्ज माफी और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसान अधिकार साइकिल यात्रा का आयोजन किया था थावरचंद गेहलोत केन्द्रीय सामाजिक और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने कल आगरमालवा जिले के बड़ागांव में करोड़ों रूपये के विकास कार्यो का भूमिपूजन और लोकार्पण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश के हर गरीब को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है

इस मौके पर श्रीगेहलोत ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना फसल बीमा योजना सौभाग्य योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों को अपने गांव और शहर को साफ स्वच्छ बनाये रखने की अपील की किसान राहत जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल दतिया जिले के कई गॉवों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि ओलावृष्टि और अवर्षा से प्रभावित प्रत्येक किसानों को राहत राशि मुहैया कराई जायेगी उन्होंने बताया कि सरकार किसानों की आमदानी बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है इस वर्ष सरकार दो हजार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी करेगी उन्होंने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन आज मणिपुर का पुंगचोलम लोकनृत्य प्रस्तुत होगा साथ ही गुंदेचाबंधु और संजीव झा तथा मनीष कुमार द्वारा धुप्रद की प्रस्तुति दी जायेगी

साथ ही कथक की प्रस्तृति भी देखने को मिलेगी

जो कल समाप्त होगा

जिससे अब किसान पंजीयन कराते हुए अपनी फसल की ऑन लाइन खरीदी बिक्री कर सकेंगे